प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारत समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में प्रगति के लिए बहत गंभीर है और विश्व में समुद्री अर्थव्यवस्था के रूप में अग्रणी भूमिका निभाने की ओर अग्रसर है

अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि भारत इस क्षेत्र में स्वभाविक रूप से अगुवा होने के कारण जल्द ही समुद्री अर्थव्यवस्था में वृद्धि के लिए बड़ी सफलता हासिल कर लेगा श्री मोदी ने कहा कि सरकार विभिन्न सुधारों के माध्यमों से समुद्री ढांचागत सुविधाएं तैयार करने पर जोर दे रही है

चर्चा के बाद भाजपा के अनंत ओझा की ओर से लाये गये कटौती प्रस्ताव को नामंजूर करते हुए द्वितीय अनुपूरक बजट और तत्संबंधी विनियोग विधेयक संख्या एक को ध्वनिमत से मंजूरी प्रदान कर दी गयी

भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवा निवृत अधिकारी रवि कपूर को संसद टीवी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है संसद टीवी लोक सभा और राज्य सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण दो अलग अलग चैनलों पर प्रसारित करेगा

ब्याज दरों में छूट कर्ज लेने वाले लोगों के सिबिल स्कोर पर निर्भर करेगी

ग्राहक ऑनलाइन या योनो ऐप के माध्यम से इस छूट के लिए आवेदन कर सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर ऋण लेने वाली महिलाओं को पांच आधार अंकों की विशेष छूट दी जा रही है

स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार राज्य में अब तक एक लाख अठ्ठारह हजार पांच सौ ग्यारह लोगों ने कोरोना को मात देने में सफलता हासिल की है

इसको लेकर आज उपायुक्त की अध्यक्षता में समाहरणालय के सभागार में बैठक आयोजित की गई उपायुक्त ने कहा कि धनबाद में अन्य राज्यों से बड़ी संख्या में लोग आते हैं उनकी तथा जिले के लोगों की सुरक्षा के लिए कोरोना जांच जरूरी है अन्य राज्यों से आने वाले यात्रियों के कोरोना पॉजिटिव होने की संभावना हो सकती है इसलिए धनबाद रेलवे स्टेशन पर हर यात्री की टू नाट से जांच की जाएगी

श्री बंधन तिग्गा का वोल्लोर में इलाज चल रहा है मुख्यमंत्री ने उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की वहीं वरीय पत्रकार रवि प्रकाष के बेहतर इलाज के लिए भी उनके पुत्र प्रतीक को मुख्यमंत्री राहत कोष से दो लाख रुपये का चेक प्रदान किया

बैठक के दौरान निदेशक सेना भर्ती कर्नल आईएस पटियाल ने पीपीटी के माध्यम से सेना बहाली की प्रक्रिया की जानकारी देते हुए आयोजन स्थल पर जिला प्रशासन द्वारा की जानेवाली व्यवस्था से संबंधित विस्तृत जानकारी साझा की उन्होंने पंडाल निर्माण बिजली व्यवस्था पेयजल शौचालय अग्निशमन और बहाली रैली के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति समेत अन्य बिन्दुओं को लेकर विचार विमर्श किया गया नक्सलियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में चतरा पुलिस को आज एक बड़ी सफलता हाथ लगी है ठेकेदारों और व्यवसाईयों से फोन पर डरा धमकाकर लेवी वसूल कर बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में जुटे टीएसपीसी के तीन और पीएलएफआई के दो नक्सलियों को पुलिस ने हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया जिले के हंटरगंज थाना क्षेत्र की पुलिस कोसमाही सागा पहाड़ी के समीप से इन सभी नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया

देवघर पुलिस ने जिले के बुढ़ई करो मध्यपुर और सारठ थाना क्षेत्र के विभिन्न गांवों में छापेमारी कर बाइस साइबर अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है

इधर दुमका पुलिस ने भी बैंक अधिकारी बन लोगों को ठगी का शिकार बनाने वाले पांच साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है

आकाशवाणी इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल करने वाली महिलाओं की गाथा प्रस्तुत कर रहा है इसी श्रृंखला में प्रस्तुत है कैप्टन निवेदिता भसीन से आकाशवाणी की बातचीत जिसमें उन्होंने प्रारंभिक दिनों की यादें साझा की हैं कैप्टन भसीन कोलकाता से सिलचर की उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की सह चालक रही है